हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पढ़ाई के लिए ऋण लेने वाले छात्रों का तीन महीनें का ब्याज सरकार अदा करेगी

केन्द्र सरकार ने मई और जून के लिए मज़दूरों को मुफ्त राशन देने की शुरू की है

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में विस्तार करने को भी मंजूरी दे दी है

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म खादय प्रसंस्करण उदयोग स्थापित करने के लिए नई केन्द्र प्रायोजित योजना को भी स्वीकृति दे दी है इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में उद्योगों के लिए दस जार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे

केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि राष्ट्रीय तालाबंदी का ख्याल करते हये विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्रों तक पहंचाने के लिए बसों की सुविधा दी जाये

श्रीभल्ला ने कहा कि परीक्षाओं के दौरान शिक्षकों छात्रों और बाकी स्टाफ के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है और शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाये उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग का प्रबंध भी किया जाये

इसके लिए कोई गारंटी नहीं देने होगी उन्होंने कहा कि इस ऋण पर केन्द्र द्वारा दी जाने वाली दो प्रतिशत की छूट के अलावा राजय सरकार द्वारा भी दो प्रतिशत की छूट दी जायेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों में सभी वर्गो को ध्यान में रखकर कई सुधार किये गये है हरियाणा से जाने वाले श्रमिकों के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि ई शासन के माध्यम से कारोबार को दोबारा श्रू करने के प्रयास किये गये है और इसके लिए एक पोर्टल भी लांच किया जा रहा है बैंको को भी इस पोर्टल के साथ जोड़ा जायेगा

इसके अलावा चार हजार चार सौ बाइस टन से ज्यादा चने की खरीद भी की गई है किसानों को भ्गतान के लिए पूल खाते के माध्यम से साढ़े सात हजार करोड़ रूपये से अधिक राशि जारी की गई है

उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दी गई जानकारी के अन्सार कितनी भी उपज ला सकते है इसके लिए कोई पांबदी नहीं है

गृह मंत्रालय के निर्देशों से भारतीय रेलवे ने इस महीने की पहली तारीख को विशेष श्रमिक रेलगाब्रियां चलाई थी

हरियाणा में प्रवासी श्रमिकों को उनके ग़ह राज्यों में भेजने का सिलसिला आज भी जारी रहा

चंडीगढ़ में नॉन ए सी लोकल बसें सेवा श्रू हो गई है

सभी बसों को सुबह और शाम सैनेटाइज़ किया जायेगा अंतर राज्यीय बस टर्मिनल के प्रवेश दवारपर यात्रियों और चालक व परिचालक की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जायेगी

उनके नमूनों की पीजीआई से मिली जांच रिपोर्ट से इनके कोरोना पोजिटिव होने की पृष्टि हई है

गृहमंत्री अनिल विज ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मच्छौड़ा ड्रेन का निर्माण तय समय में पुरा करने के निर्देश दिये है

उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी मार्किट कमेटियों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं कि पंजीकृत किसानों की सब्जियों के उत्पाद की बिक्री स्निश्चित करें इस दौरान अगर सब्जियों के भाव सरकार द्वारा निर्धारित संरक्षित मूल्य से कम रहते हैं तो सरकार द्वारा भावांतर की भरपाई की जाएगी